श्री मादी ने हिंद प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के प्रति भारत की वचनबद्वता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के अंतर्गत पीएसआई डीएस दशों में प्रभावशाली विकास परियाजनाओं के लिए एक करोड बीस लाख अमरीकी डॉलर के अनुदान की घाषणा की इससे इस क्षेत्र के प्रत्येक देश को दस लाख डॉलर मिलेंगे ताकि वह अपनी पसंद की परियोजना में निवेश कर सके इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की जरुरत के लिए पन्द्रह करोड़ डॉलर की रियायती ऋण सुविधा की भी घोषणा की गइ जिसका लाभ यह सभी देश सौर नवोकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं में निवेश के लिए कर सकते हैं बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पीएसआईडीएस के मूल्य समान हैं और उन्हें एक साझा भविष्य के लिए काम करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है और वह पी एसआईडीएस को इस बारे में उनके लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगा

श्री मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और एक स्मति टिकट जारी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोग महात्मा गांधी की सीख का अनुसरण करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता का जो सपना देखा था वो अब साकार होने जा रहा है गांधी जी कहते थे कि एक आदर्श गांव तभी बन सकता है जब वह पूरी तरह स्वच्छ हो आज हम गांव ही नहीं पूरे देश को स्वच्छता के मामले में आदर्श बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि गांधीजी केवल भारत के नहीं थे उन्होंने कहा कि जो लोग कभी गांधीजी से मिले भी नहीं वे भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला उनके आस्था और विश्वास का आधार गांधीजी और गांधीजी के विचार थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉउनडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया है श्री मोदी ने यह पुरस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

श्री मोदी ने कहा यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया है बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक टवीट में कल कहा कि दो पीढ़ियों को मनोरंजन और प्रेरणा देने वाले जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया उन्होंने श्री बच्चन को बधाई दी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में राजभवन परिसर स्थित श्री सत्य साईं बाबा पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में खेलकूद संगीत एवं अध्ययन सम्बन्धी उपकरण और सामग्री वितरित की बच्चों को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देने को कहा और उनसे वचन लिए कि वे अपने घर स्कूल एवं आस पास को स्वच्छ रखेंगे तथा गंदगी नहीं फैलाएंगे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

प्रदेश सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ न मिलने तक सालाना छह हजार रूपये की आर्थिक सहायता और उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की घोषणा की है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह घोषणा की

श्री योगी ने कहा कि सरकार तीन तलाक पीड़िताओं के साथ है उन्होंने कहा कि समाज में सभी को जीने का समान अधिकार है उन्होंने कहा कि सदिया से चली आ रही तीन तलाक की क्प्रथा को प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाकर समाप्त करने का कार्य किया उन्होंने कहा कि रिश्तों को तोड़ना आसान होता है और जोड़ना कठिन होता है श्री योगी ने तीन तलाक पीड़िताओं की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें कमजोर नहीं बनने देगो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सहित दुनिया के बाईस मुस्लिम देशों में तीन तलाक की कुप्रथा नहीं है और शरीयत में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने इस काम को अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते नहीं किया

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये चौबीस परियोजनाओं का लोकार्पण और चौव्वन परियोजनाओं शिलान्यास भी किया राष्ट्र आज प्रखर राष्ट्रवादी और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश के महानतम व्यक्तियों में से एक बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे वंचित लोगों की सेवा करना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एकात्म मानववाद और अन्त्योदय के प्रणता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं और शोषित वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का जो सपना देखा था वह आज पूरा हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि पंडित दीन दयाल जी के विचार आज भी प्रासगिक है उनके दर्शन से प्रेरित होकर केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान तक कल्याणकारी योजनाओं को पहंचाने का कार्य कर रही है बाइट गरीब के घर में भी बिजली का बल्ब जलना चाहिये हर गरीब को खाद्यान की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये और हर गरीब को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लेने का अधिकार होना चाहिये

यह सपना एकात्म मानववाद का अन्तयोदय यह प्रेरणा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने देखा था और आज उसी पथ के पथित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वह सपना साकार किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता प्लास्टिक से मुक्ति जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया प्रदेश में बस्ती सिद्धार्थनगर कुशीनगर मथुरा मेरठ चित्रकूट हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में अन्त्योदय के प्रणेता तथा प्रखर विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयन्ती धूमधाम से मनाई गई बस्ती जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया तथा उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद में सम्प्रदाय से ऊपर उठकर अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की कल्पना निहित है वहीं सिद्धार्थनगर में इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पंडित दीन दयाल जी के बताये हुए सिद्धान्तों पर चलकर केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिये लगातार काम कर रही है

समाप्त